राज्य में कोराना के सक्रिय मामले लगातार हो रहे हैं कम स्वस्थ होने वालों की दर अंठानवे प्रतिशत के करीब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

आकाशावाणी से आज मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि आम आदमी ने देश में जबरदस्त बदलाव को महसुस किया है और लोगों को आशा की नई किरण दिखाई दे रही हैं उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के प्रकोप के दौरान दुनिया को अनेक मुसीबतों से गुजरना पड़ा

उन्होंने कहा कि भारत के लोगों की सोच में यह बदलाव पिछले एक साल में आया है प्रधानमंत्री ने कहा कि इस बदलाव को आंकना आसान नही है और अर्थशास्त्री भी अपने पैमानों पर इसे तौल नहीं पा रहे हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें इस भावना को जिंदा रखना है और इसे आगे बढ़ाना है श्री मोदी ने देशवासियों से आग्रह किया कि वे एक सूची तैयार करे जिसमें दैनिक उपयोग की अनेक वस्तुओं के नाम हों श्री मोदी ने कहा कि हम नए साल पर अनेक संकल्प लेते हैं और इस साल हमें जो संकल्प लेना है वह निश्चय ही देश के लिए होना चाहिए प्रधानमंत्री ने कहा कि आज समय आ गया है जब हमें श्रेष्ठ गुणवत्ता का सामान तैयार करना है उन्होंने स्टार्टअप्स और उद्यमियों से भी इस दिशा में कार्य करने की अपील की

कर्नाटक के यूवा ब्रिगेड नाम के संगठन के नौजवानों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि उनके प्रयासों से श्रीरंगपट्टनम में एक प्राचीन मंदिर का जीर्णोद्वार हुआ प्रधानमंत्री ने कहा कि करुणा और पक्के इरादे दो ऐसे उपाय है जिनसे लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है दो दिन पहले मनाई गई गीता जयंती का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने कहा कि जीवन के सभी क्षेत्रों में गीता लोगों को प्रेरित करती है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज अपने मन की बात कार्यक्रम में राज्य के गढ़वा जिले के हीरामन कोरबा का जिक किया उन्होंने बताया कि हीरामन ने झारखण्ड की संस्कृति और पहचान के संरक्षण के लिए एक सराहनीय प्रयास किया है हीरामन ने यहां कि विलुप्त होती कोरबा जनजाति के संरक्षण के लिए बारह वर्षो के अथक मेहनत के बाद एक शब्दकोष बनाया है प्रधानमंत्री ने कहा कि हीरामन ने कोरबा समुदाय के लिए जो कर दिखाया है

गढ़वा जिले के सिंजो गांव के रहने वाले हीरामन कोरबा ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा मन की बात कार्यक्रम में उनके कार्य की सराहना किये जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की है हीरामन प्राथमिक विद्यालय सिंजो में पारा शिक्षक हैं उनका कहना है कि शब्दकोष तैयार हो जाने से कोरबा भाषा को संरक्षित और समृद्व करने में मद्द मिलेगी

इसकी तैयारी अंतिम चरण में है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज खुद मोरहाबादी मैदान पहुंचे और चल रही तैयारियों का जायजा लिया इस दौरान उन्होंने मौके पर मौजूद अधिकारियों को ं कई निर्देश दिये सरकार के प्रथम वर्षगांठ के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में लगभग तीन हजार लोगों के शामिल होने का अनुमान है

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री कई नई योजना का शुभारंभ करेंगे साथ ही राज्य सरकार द्वारा चलायी जा रही कई योजनाओं का उदघाटन और शिलान्यास भी किया जाएगा

अब केवल एक हजार पांच सौ सतासी सक्रिय मामले रह गये हैं राज्य में अब तक एक लाख ग्यारह हजार तीन सौ इक्कावन मरीज स्वस्थ हो चुके हैं इसके साथ ही प्रदेश में संक्रमितों के स्वस्थ होने की दर संतानवे दशमलव सात शुन्य प्रतिशत हो गयी है जो राष्ट्रीय औसत से अधिक है पिछले चौबीस घंटे के दौरान राज्य में एक सौं बेरानवे नये कोरोना संक्रमित मिले हैं जबकि एक सौ उनासी संक्रमित स्वस्थ्य भी हुए हैं राज्य में क्ल संकमितों की संख्या एक लाख तेरह हजार नौ सौ चौवन हो गयी है

स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि भारत ने कोरोना महामारी से निपटने में एक और कीर्तिमान प्राप्त किया है

सक्रिय मामलों की संख्या में भी लगातार गिरावट का रूझान बना हुआ है इस समय भारत में सक्रिय रोगियों की संख्या देश में संक्रमण की पुष्टि वाले मामलों की कुल संख्या के मुकाबले सिर्फ दो दशमलव सात चार प्रतिशत रह गई है राज्य के हेमंत सोरेन सरकार के एक वर्ष प्ररे होने पर वित्त और खाद्य आपूर्ति मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने सरकार की उपलब्धियों का ब्योरा पेश किया रांची में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि तमाम विपरित परिस्थितियों के बावजूद सरकार ने हर व्यक्ति को भोजन कपड़ा और रोजगार उपलब्ध कराने का प्रयास किया है उन्होंने बताया कि सरकार की पहली वर्षगांठ पर किसानों को पचास हजार रूपये तक की कर्ज माफी की योजना शुरू होगी इसके साथ ही पन्द्रह लाख परिवारों को हरा राशन कार्ड उपलब्ध कराया जाएगा इसी दिन जन वितरण प्रणाली की दुकानों के माध्यम से गरीबों को धोती साड़ी और लूंगी देने की योजना शुरू की जाएगी इसके अलावा मनरेगा की तर्ज पर शहरी क्षेत्र के मजदूरों के लिए भी राज्य सरकार नई योजना शुरू करने जा रही है

इसके लिए कई उपाय किये जा रहे हैं

इस नई पहल से सुविधापूर्ण यात्रा और गतिशीलता में वृद्धि के नए यूग की शुरुआत होगी चालक रहित मेट्रो ट्रेन पूरी तरह स्वचालित होगी जिससे मानवीय भूल की संभावना समाप्त हो जायेगी

मौसम विभाग के अनुसार अगले तीन दिनों में पूरे राज्य में कनकनी और बढ़ने की संभावना है वर्तमान समय में रांची लोहरदगा और पूर्वी सिंहभूम को छोड़कर राज्य के अन्य हिस्सों में औसत न्यूनतम तापमान सात से आठ डिग्री सेल्सियस है रांची लोहरदगा और पूर्वी सिंहभूम में औसत न्यूनतम तापमान नौ से दस डिग्री के बीच रिकॉड किया गया है रांची शहरों के बाहरी इलाको में आज कोहरा भी देखने को मिला हलांकि दिन चढ़ते ही धीरे धीरे मौसम साफ हो गया